विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टॉर प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए देश के विभिन्न भागों में रैलियां आयोजित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घोसी के अलावाचंदौली और मिर्जापुर में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित कर रहे है वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महाराजगंज में जनसभा को संबोधित कर रही है चुनाव प्रचार प्रदेश प्रदेश के मालवा निमाड़ की आठ सीटों इंदौर देवास उज्जैन धार मंदसौर रतलाम खंडवा और खरगौन में भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का प्रचार जोर षोर से चल रहा है भाजपा की ओर से केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इन्दौर में चुनावी सभा को संबोधित किया वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नीमच में रोड शो कर रहे है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानखंडवा धार रतलाम और इंदौर लोकसभा क्षेत्रों जबकि प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह खंडवा और खरगोन में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाक्र ने आगरमालवा देवास संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया वे अब से कुछ देर बाद सभा को संबोधित करेंगी वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा संसदीय क्षेत्र के खकनार में सभा को संबोधित किया वे अब से कुछ देर बाद पुंजापुरा में सभा को संबोधित करेंगे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज मालवा निमाड़ क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल खरगोन में एक रैली को संबोधित कर सकते हैं मतदाता जागरूकता खण्डवा लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए आज जागरूकता अभियान के तहत जिला स्तरीय बेडमिंटन प्रतियोगिता निमाड़ क्लब में आयोजित की गई है

इंदौर देवास उज्जैन और धार लोकसभा क्षेत्रों में भी मतदाता जागरूकता कार्यकम आयोजित किए जाने की खबरें हैं पुलिस अवकाश चुनाव डयूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को चुनाव बाद आठ दिन का अवकाश दिया जाएगा पुलिस मुख्यालय ने इसके आदेश जारी कर दिये है पुलिस मुख्यालय के अनुसार राज्य के कई पुलिसकर्मी मार्च माह से ही राज्य के बाहर चुनाव डयूटी पर गये है चुनाव प्रकिया संपन्न होने पर दो महीने की डयूटी के बाद ये पुलिसकर्मी वापस आयेंगे इन्हें लौटते ही आठ दिन का अवकाश दिया जाएगा दुर्घटना सागर जिले के देवरी में बीती रात सड़क हादसे में चार युवकों की मौत होगयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल होगए

बताया जाता है कि देवरी में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद यह युवक कार से फोरलेन की तरफ जा रहे थे इसी दौरान कार के पलट जाने से यह हादसा हो गया

इसके बाद ये मानसून उत्तर की तरफ बढ़ जाएगा

बीते कुछ सालों से मध्यप्रदेश में मानसून देरी से दस्तक दे रहा है प्रदेश में मानसून दो तरफ से प्रवेश कर रहा है अरब सागर से आने वाला मानसून मुंबई से आता है प्रदेश में सबसे पहले इंदौर सहित मालवा निमाड अंचल में अपना असर दिखाता है वहीं बंगाल की खाडी में आने वाला मानसून छत्तीसगढ से होकर आता है जिसका प्रभाव पूर्वी मध्यप्रदेश में ज्यादा होता है इस साल मानसून कुछ कमजोर रहने की संभावना है